वहीं राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा पूरे पांच साल चलेगी सरकार

मतगणना तैयारी प्रदेश में चार चरणों में शान्तिपूर्वक मतदान संपन्न होने के बाद अब मतगणना कार्य को व्यवस्थित और सुचारू ढंग से संपन्न कराने के लिये सभी आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं

भोपाल में भी मतगणना के लिये तैयारियां पूरी हो गई हैं इस दौरान सुरक्षा के ठोस इंतजाम किये गये हैं होशंगाबाद और मंडला संसदीय क्षेत्र के लिये मतगणना कार्य नरसिंहपुर जिला मुख्यालय पर किया जाएगा हमारे नरसिंहपुर संवाददाता ने बताया कि लोकसभा चुनाव के लिये मतगणना कार्य जिले की कृषि उपज मंडी मुख्यालय में किया जाएगा गौरतलब है कि जिले की चार विधानसभा सीटों में से नरसिंहपुर गाडरवाढ़ा और तेंद्खेड़ा होशंगाबाद संसदीय क्षेत्र में और गोटेगांव सीट मंडला लोकसभा क्षेत्र में आता है अनूपपुर के शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में मतगणना प्रकिया का पूर्वाभ्यास किया गया उमरिया शिवपुरी भिंड मुरैना सतना सीहोर सहित विभिन्न जिलों से भी मतगणना की तैयारियों के समाचार मिले हैं एग्जिट पोल मतदान के बाद सामने आये एग्जिट पोल के अनुसार इन चुनावों में भाजपा के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन केन्द्र में फिर से सरकार बनायेगा

एग्जिट पोल्स के नतीजों से जहां भाजपा उत्साहित नजर आ रही है वहीं विपक्ष ने पूर्वानुमानों को खारिज किया है भाजपा प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हाराव ने पार्टी की ओर से प्रतिकिया देते हुए कहा है कि एग्जिट पोल से श्री मोदी के नेतृत्व के लिए बेहद सकारात्मक मतदान होने के स्पष्ट संकेत मिलते हैं

एग्जिट पोल प्रतिक्रिया मतदान संपन्न होने के बाद कल शाम आए एग्जिट पोल के नतीजों में भाजपा नेतृत्व वाली एनडीए की बढ़त पर भाजपा सहित विभिन्न दलों ने अपनी प्रतिकिया जाहिर की है कर्नाटक के मुख्यमंत्री एच डी कुमारस्वामी ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया कि वह एक्जिट पोल के जरिए देश में मोदी लहर दिखाने के साथ ही केंद्र में अगली सरकार बनाने के लिए सीटों की कमी के मद्देनजर छोटे दलों तक पहंचाने का प्रयास कर रही है कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डॉ जी परमेश्वर ने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ पार्टी को फायदा पहंचाने के लिए ईवीएम मशीनों को हैक किया जा रहा है राजद के प्रदेश प्रवक्ता चितरंजन गगन ने कहा कि एग्ज़िट पोल में जो संभावित परिणाम दिखाए गए हैं वे कतई विश्वसनीय नहीं है पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष एवं जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने न्यूज चैनलों के एक्जिट पोल पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि अधिकांश चैनल के एंकर एक्जिट पोल को लेकर उछल रहे थे जैसे किसी बच्चे को टॉफी की दुकान से टॉफियां हाथ लग गयी हों राष्ट्रीय जनता दल ने एग्जिट पोल के अनुमान को खारिज करते हुए दावा किया कि चुनाव परिणाम ठीक इसके विपरीत होगा भाजपा के वरिष्ठ नेता और केन्द्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने मतदान बाद के सर्वेक्षण पर संदेह करने वालों की आलोचना करते हुए कहा है कि मतदान बाद सर्वेक्षण व्यक्तिगत साक्षात्कार पर आधारित हैं और ईवीएम की इसमें कोई भूमिका नहीं है आप पार्टी आम आदमी पार्टी के नेता एवं सांसद संजय सिंह ने मांग कि है कि यदि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम और वीवीपैट के मतों की गिनती में असमानता पायी जाये तो लोकसभा चुनाव निरस्त कर दिया जाना चाहिए

श्री भार्गव ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को पत्र लिखकर कहा है कि पेयजल संकट किसानों की समस्याओं गेहूं चने की फसलों का वाजिब मूल्य नहीं मिलने सहित प्रदेश के कई प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की आवश्यकता है इसके लिये उन्होंने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाये जाने की बात कही है उन्होंने कहा है कि बदली हुई परिस्थितियों में विधानसभा में राज्य सरकार के पास विश्वास का संकट है

श्री राजपूत ने कहा कि मध्यप्रदेश में कांग्रेस को जनता का जनादेश मिला है और वह पूरे पांच साल सरकार चलाएगी

प्रस्तुत कार्यक्रम में स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ परिणामों का पूर्ण और सारगर्भित विश्लेषण करेंगे

ये रेलगाड़ी प्रत्येक सोमवार को रात आठ पेंतालीस पर रवाना होगी